चुनावों के बाद मतगणना जारी है और देर शाम तक नतीजे आने की संभावना है

कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग द्वारा मतदान के दौरान जारी की गई एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित बनाया गया

उन्होंने निर्विरोध चुने गए सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी है सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक सुदृढ़ व संगठित है और कार्यकर्ता संगठन की मज़बूती के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं

कार्यशाला सोलन में सफाई कर्मचारियों के लिए इन दिनों कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को उनके काम के प्रति जागरूक करना है नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक राजेश ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती मामले में प्रशासन पर कथित तौर पर धांधली का आरोप लगाया है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने आरोप लगाया कि योग्यता को दरकिनार कर भाजपा से जुड़े लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं